राजधानी भोपाल में इस अवसर पर बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खास अंदाज में सजाया गया है मिठाई की दुकानों पर भी काफी लोग देखे जा रहे हैं इलेक्ट्रानिक वस्तुओं और कपड़ों के शोरूम पर भी खासी भीड़ देखी जा रही है दरअसल धनतेरस के दिन से ही दीपावली मनाने का क्रम शुरू हो जाता है और इसका खासा प्रभाव दूज तक रहता है

यह क्रम देर रात तक चलेगा जबलपूर ग्वालियर इंदौर और रीवा में भी दीपावली के मौके पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है बाजारों में आकर्षक साजसज्जा की गई है आतिशबाजी की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है शिवपुरी जिले में भी आज दीपावली की धूम है लोगों ने आतिशबाजी की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट के नये निर्देश वाले संदेश के बेनर लगाये गये हैं

लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक रूप से सजाया है उज्जैन गुना खंडवा सीहोर शहडोल बड़वानी सहित अन्य जिलों से भी दीपावली का पर्व श्रद्धा भाव और उत्साह से मनाये जाने के समाचार मिले हैं

निर्देशों में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी को जिम्मेदार माना जायेगा मोदी दीपावली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में दूर दराज की एक चौकी हरसिल में भारतीय सेना तथा भारत तिब्बत पूलिस बल के जवानों के साथ आज दीपावली मनाई इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि दूरदराज की बर्फीली पहाड़ियों पर उनके निष्ठापूर्ण कार्य से देश मजबूत बन रहा है श्री मोदी ने कहा धरती के किसी भी हिस्से की सुरक्षा नहीं है ये सवा सौ करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है प्रधानमंत्री ने कहा कि जवान अपनी निष्ठा और अनुशासन से लोगों में सुरक्षा तथा निर्भयता की भावना का संचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की मजबूती और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए अनेक प्रयासों का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को विश्वभर में और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान में काफी प्रशंसा और सराहना भिलती है प्रधानमंत्री ने जवानों को भिठाइयां भी वितरित की

इस संबंध में प्रदेश में उपलब्ध पुलिस बल एवं सशस्त्र सुरक्षा बल के अतिरिक्त प्रदेश के बाहर से भी केन्द्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की सुरक्षा व्यवस्था का प्लान तैयार कर लिया गया है राज्य की सीमा पर अवैध शराब अवैध हथियार और असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बलों का उपयोग किया जाएगा इसके साथ ही एरिया डोमिनेशन बॉर्डर पेट्रोलिंग एवं मतदाताओं में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिये भी केन्द्रीय सुरक्षा बल का उपयोग किया जाएगा

इससे मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल मोबाइल एप्प बनाया गया है इस पर निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं

कल से प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे

शहडोल में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिले की विधानसभा सीट जयसिंह नगर जैतपुर और ब्यौहारी से भाजपा के प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल चार प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किये गये हैं

वहीं आगरमालवा और सुसनेर से तीन तीन प्रत्याशियों ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किये है

दीपावली के अवसर पर राजभवन में पर्यटन स्थल के फोटोग्राफ की प्रदर्शनी लगाई जायेगी तथा आकर्षक रोशनी की जायेगी चुनाव प्रचार प्रदेश में अधिकांश राजनैतिक दलों ने उम्मीद्वारों की सूची जारी कर दी है उसके साथ ही कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिये हैं राज्य के कई स्थानों में चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है सीहोर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है हालांकि अभी कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है लेकिन उम्मीदवार प्रचार में लगातार व्यस्त हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार शुरू हो गया है उधर जिला प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान के लिये लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरिके से निगाह रखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं वहीं कांग्रेस ने फिलहाल तीन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं लेकिन बुदनी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं

श्रेष्ठ पुरस्कार संबंधित बीएलओ द्वारा ग्रहण किया जायेगा बीएलओ द्वारा पुरस्कार राशि का वितरण समूह के सदस्यों के बीच किया जायेगा जिला स्तर पर जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य किया जायेगा उन्हें शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा

रक्षामंत्री केन्द्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने आज सेना के जवानों से कहा कि वे सोशल मीडिया में आने वाली बातों पर भरोसा न करे श्रीमती सीतारमन अरूणाचल प्रदेश के हयुलियांग में वास्तरविक नियंत्रण रेखा के निकट सैनिकों से बातचीत कर रही थीं उन्होंने जवानों को सलाह दी कि वे फेसबुक और ट्वीटर में सेनाओं के बारे में आने वाली नकारात्मक खबरों से दूर रहें

उद्घाटन सत्र में मुक्तिबोध की सामाजिक चेतना विषय पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ रामेश्वरम् तिवारी और डॉ राधावल्लभ शर्मा का वक्तव्य होगा

प्रत्याशियों को एक नया बैंक खाता खोलकर उसकी जानकारी प्रार्थी को नामांकन पत्र के साथ देना आवश्यक है प्रत्याशियों के पास बैंक खाता खोलने के लिए मात्र दो ही दिन का समय है